प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार पोषाहार और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख के पहलूओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है आज सवेरे पोषण माह के अंतर्गत देशभर की आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए कई उपाय कर रही है उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रुपए कर दिया गया है इसी वर्ग में दो हजार दो सौ पचास रुपए का मासिक मानदय प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपए मासिक कर दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया ह आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा आपकी खुशी मैं देख रहा हूं इतना ही नहीं सभी आशा कार्यकर्ताआ और उनकी सहायिकाओं हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योदति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा दी जाएगी यानि दोनों मिलाकर के चार लाख रूपए का आपका बीमा यानि दो दो लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है टीकाकरण के प्रयासों में तेजी आने और इससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को मदद मिलने के बारे में श्री मोदी ने बताया मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के टीकाकरण अभियान को दूर दराज और पिछड़े इलाकों में हमारे जो नन्हें मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है

पोषण अभियान की शुरूआत राजस्थान में झुझनू से हुई थी श्री मोदी ने इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं आर बच्चों को शामिल करने की जरूरत पर बल दिया प्रधानमंत्री ने देश के ऐसे हजारों डॉक्टरों के प्रति आभार व्यरक्ति किया जो गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिये गये औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में एक जनवरी दो हजार सोलह से सातवें वेतन आयोग को संस्तुतियों को लागू करने का फैसला लिया गया नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे गीडा सीडा लीडा के बोर्डो की बैठक द्वारा प्राधिकरण में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है

मंत्रिपरिषद ने नये स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ चिकित्सक शिक्षकों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए देश एवं प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसरों को उच्च मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

भूजल मिशन योजना के अन्तर्गत चिन्हित विकासखंडों में कार्य कराया जायेगा प्रत्येक तालाब पर जलप्रबंधन जल सुरक्षा तथा तालाब के संरक्षण एवं रख रखाव हेतु पानी पंचायत का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा

योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य शेडयूल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा तथा इसके सापेक्ष प्राप्त दावों के विरूद्ध सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्र का जो तेईस अगस्त से इक्तीस अगस्त तक बुलाया गया तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करने के प्रस्ताव को भी औपचारिक मंजूरी दे दी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

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में हमारी सरकार ने एक लाख बीस हजार किलोमीटर सड़कों को गढ्ढा मुक्त किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गन्ना मिलों द्वारा साफ्ट लोन लेने की व्यवस्था की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में काफी स्थान रिक्त है उन्होंने बताया कि शिक्षकों के सत्तानवे हजार पद खाली है इसी प्रकार नब्बे हजार प्रलिस कर्मचारी की भर्ती के लिए भी कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री ने एशियन चैम्पियन शिप में पदक जीत कर आये खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सपा और बसपा ने जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम किया जबकि हमने सबको अपना पर्व मनाने की आजादी दी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार के पांचवें साल तक देश में दो लाख किलोमीटर सड़क बन जायेंगी ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार देश में गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है वे नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रयासों की वजह से गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और स्तरीय शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं

प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक आवास बनाने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ

आने वाले वर्षो में हमारी उपलब्धियां इससे भी अधिक होंगी बाइट निश्चित रूप से आज जो यहां पर अवार्ड प्राप्त हुआ इसके पहले उत्तर प्रदेश जीरो पर रहता था शून्य से शिखर की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने जो काम किये हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन राज्य सरकार के स्तर पर प्रारम्भ किया गया है संगठनों या व्यक्तिगत रूप से अनेक ऐसे कार्यक्रम संचालित होते है जो लोक कल्याण के लिए समर्पित होते हैं